केन्द्र सरकार ने समदो ग्राम्फू सड़क को फिर से सीमा सड़क संगठन के अधीन रखने की अधिसूचना की जारी

उन्होंने कहा कि प्रदेश को ये पुरस्कार केन्द्र सरकार के ई एप्लीकेशन और राज्य सरकार द्वारा विकसित अन्य एप्लीकेशनस के प्रभावी प्रयोग के लिए प्रदान किया गया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज मंत्रालय सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पंचायतों के कामकाज में कुशलता पारदर्शिता व दक्षता लाने के लिए प्रयासरत है

शिमला में आज निगम के निदेशक मण्डल की बैठक में उन्होंने कहा कि पेड़ों से बिरोजा निकासी के लिए वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि बिरोजा की गृणवत्ता बनी रहे गोविंद ठाकर ने कहा कि निगम के कार्यो को सुचारू बनाए रखने के लिए वनरक्षकों सहित विभिन्न श्रेणियों के पदों को जल्द ही भरा जाएगा

इसके अलावा अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने सहित दैनिक वेतन भोगियों व अंशकालिक कर्मचारियों को प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाए गए भत्तों को देने का निर्णय भी लिया गया वनमंत्री ने कुल्लू के पतली कृहल में केन्द्रीय डिपो खोलने को मंजूरी प्रदान की और अधिकारियों को नाहन व बिलासपुर फैक्ट्रियों को और अधिक आधुनिक बनाने के निर्देश भी दिए

ये बात शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला में दृष्टिपत्र के कार्यान्वयन के लिए गठित मंत्रिमण्डल उपसमिति की बैठक के दौरान कही बैठक के दौरान परिवहन व तकनीकी शिक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश में कृषि व बागवानी उत्पाद के परिवहन के लिए सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा हर वर्ष माननीकृत मूल्य निर्धारण किया जा रहा है जिससे इन उत्पादों को मण्डियों तक उचित दामों में पहुंचाया जाता है इस दौरान उप समिति के सदस्य बिक्रम ठाकुर और गोविंद ठाकुर ने अपने अपने विभागों से संबंधित कार्यो की प्रगति की भी जानकारी दी इस बीच शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भाजपा शिमला मण्डल की वर्चुअल रैली को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क बनाने के लिए राज्य सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है

सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि रैली का मुख्य उद्देश्य केन्द्र सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करना है पीएम कल्याण योजना केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना गरीबों व जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रही है प्रदेश में भी इस योजना के तहत पात्र परिवारों को मुफ्त राशन प्रदान किया जा रहा है चम्बा जिले की महिलाएं इस योजना के तहत मुफ्त राशन मिलने पर बेहद खुश हैं महिलाओं ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है

कोरोना पॉजीटिव पाए गए अधिकतर लोग बाहरी राज्यों से हिमाचल वापस लौटे हैं जो पहले से ही संस्थागत क्वारंटीन केन्द्रों में रखे गए थे

समदो ग्राम्फू सड़क केन्द्र सरकार के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण के फैसले के बाद सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समदो काजा ग्राम्फू सड़क को फिर से सीमा सड़क संगठन को सौंप दिया गया है

स्थानीय लोगों ने समदो ग्राम्फू सड़क को बीआरओ के अधीन करने पर सरकार का आभार जताया है खुरीक पंचायत के प्रधान संजीव कुमार ने बताया है कि बीते करीब एक दशक से इस सड़क की हालत बेहद खराब है जिससे स्पिति घाटी में पर्यटन व्यवसाय को भी नुकसान हुआ है

कांग्रेस नेताओं ने अध्यक्ष क्लदीप सिंह राठौर के नेतृत्व में आज राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को ये ज्ञापन सोंपा ज्ञापन में कहा गया है कि कोरोना महामारी के चलते देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ा है और हजारों की संख्या में युवा बेरोजगार हुए हैं कांग्रेस ने पैट्रोल डीजल की मूल्यवृद्वि को तुरन्त वापिस लेने का आग्रह किया है जागरूकता शिविर पर्यटन उद्योग स्टेक होल्डर्ज एसोसिएशन और शिमला होटल रेस्तरां एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आज शिमला के एक निजी होटल में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया इस शिविर में राज्य सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं के साथ होटल व्यवसायियों रेस्तरां और पर्यटन से जुड़े अन्य हितधारकों के बीच विश्वास कायम करने और कोरोना संकट के बीच अपनी जिम्मेवारियों के निर्वहन के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई पर्यटन उद्योग स्टेक होल्डर्ज एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहिन्द्र सेठ ने बताया कि शिमला देश का पहला पर्यटन स्थल है जिसने जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के सहयोग से प्रदेश के पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं उन्होंने कहा कि पर्यटकों के लिए प्रदेश की सीमाओं को फिर से खोलने के लिए आवश्यक उपायों के साथ राज्य मशीनरी का भरपूर समर्थन किया जाएगा मौसम प्रदेश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकतर इलाकों में आज व्यापक वर्षा हुई है

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि पिछले साल की तुलना में मॉनसून ने इस वर्ष प्रदेश में समय से पहले दस्तक दी है उन्होंने मानसून सीजन के दौरान राज्य में सामान्य बारिश होने की संभावना जताई है मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के निचले व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं वर्षा और अधिक उंचाई वाले कुछ स्थानों पर हिमपात की सम्भावना जताई है

संस्थाएं कोरोना संकट के दौरान विभिन्न गैर सरकारी संस्थाएं व संगठन गरीबों व कोरोना योद्वाओं की मदद के लिए आगे आए है इसी कड़ी में समाज सेवी संस्था आर्ट ऑफ लिविंग ने कोरोना योद्वाओं के लिए योग प्राणायाम और ध्यान सिखाने के लिए चार दिवसीय ऑनलाईन कोर्स करवाएं ताकि तनाव चिंता और अवसाद सहित अन्य नकारात्मक भावों से लोगों को निजात मिल सके संस्था की प्रदेश मीडिया समन्वयक तृप्ता शर्मा ने बताया कि संस्था ने चिकित्सकों सहित मीडिया व पुलिस कर्मियों के लिए विभिन्न कोर्स आयोजित किए उन्होंने कहा कि इस तरह के कोर्स लोगों में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं

उन्होंने लोगों से इस दौरान ब्यास नदी के किनारे न जाने की अपील की है